हरियाणा के ग्रूग्राम में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने कहा कि संक्रमित महिला पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अलग वार्ड में रखा गया है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने हंथनीकुंड बेराज के पास डैम बनाकर सिंचाई के लिए जल भंडारण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद भिवानी और रोहतक के परीक्षा केन्द्रों पर छापेमारी की गई रटौली गांव के परीक्षा केन्द्र में दो शिक्षकों से मोबाइल फोन मिले गांधी कैंप के सरकारी स्कूल में प्रश्न पत्र लीक करवाने के आरोप में एक य्वक और शिक्षिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई उच्चतम न्यायालय ने महिला और प्रूष अधिकारियों के साथ समान व्यवहार की वकालत करते हये महिलाओं को जल सेना में स्थायी कमीशन देने के आदेश दिये है न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इन्कार करना नयाय की हत्या करने के समान है पीठ ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की अन्मति देने के लिए केन्द्र द्वारा वैधानिक रोक हटाने के बाद जल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता

न्यायालय ने बिना स्थायी कमीशन मिले सेवानिवृत हुई महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ देने के आदेश भी दिये है उन्होंने कहा कि इस बात के काफी दस्तावेज़ी सब्त है जिससे पता चलता है कि महिला अधिकारियों ने जल सेना का गौरव बढ़ाया है कोरोना वायरस के खतरे के मददेनज़र राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं म्कदमा लड़ने वालों और अन्य पक्षों को केवल जरूरी मामलों में निजी तौर पर हाज़िर होने और अधिकरण के परिसर में आवश्यक भीड़ एकत्रित करने से बचने को कहा है

अधिकरण ने कहा कि इससे सम्बधी अन्रोध जरूरी प्रोफार्मो पर ई मेल दवारा अग्रिम भेजी जाये राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि उसके द्वारा ये निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन और केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खतरे को देखते हये जारी की गई एडवाईज़री के मद्देनज़र दिये गये है

एक आदेश में कहा गया है कि ये कदम कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र उठाया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके अलावा आयोग की इमारत को रोज़ साफ किया जायेगा और सभी वस्त्ओं को नियमित रूप से कीटान्ाशक से साफ किया जायेगा हरियाणा के ग्रूग्राम में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है

हरियाणा स्वासथ्य विभाग के महानिदेशक सूरजभान कम्बोज ने बताया कि वह महिला अभी स्वस्थ है और उसे अलग वार्ड में अकेले रखा गया है उन्होंने बतायाकि महिला क्छ दिन पहले मलेशिया इंडोनेशिया होकर आई थी

उन्होंने बताया कि कोरोना के वायरस के मद्देनज़र एहतियात के लिए सभी संस्थानों और विभागों को हिदायतें दी गई है ताकि कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकें कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनज़र पंचकूला स्थित शक्ति पीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर को आज से श्रद्धालुओ के लिए बंद कर दिया गया है

माता मनसा देवी के सभी कपाट ख्ले रहेंगे और पूजा अर्चना भी होगी लेकिन श्रद्धालू प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नही कर सकेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि हालात स्धरने के बाद ही श्रद्धाल् मंदिर के सीधे दर्शन की इज़ाजत दी जायेगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हंथनी कृंड बैराज के पास बड़ा डैम बनाकर पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्यमंत्री आज हंथनीकृंड बैराज पर डैम बनाने की संभावना का पता लगाने के लिये आये थे उनके साथ वन मंत्री कंवर पाल ग्र्जर विधायक घनश्याम दास आरोड़ा व सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यम्ना में मानसून के दिनों में पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी आठ लाख क्यूसिक तक पहुंच जाता है उन्होंने कहा कि यहां पर जल भंडारण पिरयोजना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई है और ये चर्चा सकारात्मक रही म्ख्यमंत्री ने कहा कि डैम की संभावना को लेकर सर्वेकरवाया जायेगा उन्होंने आदीबद्री में भी वर्षा के पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की संभावना के बारे में भी बताया और कहा कि सरकार लोगों के बाद बाढ़ से बचने और वर्षा के जल के संरक्षण को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ रही है

भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि म्ख्यमंत्री की उड्डन दस्ते की टीम ने भिवानी के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर पहंचकर स्कूल कर्मचारियों व डयूटीपर तैनात कर्मचारियों के मोबाइल आदि की जांच की उड्यन दस्ते में शामिल दिनेश यादव ने बताया कि शिक्षा बोर्ड दवारा परीक्षा केन्द्रों में मोबाइल न ले जाने के आदेश भी दिये गये है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की उड़यन दस्ते की टीम ने भिवानी जिले के गांव चिडिय़ा में पेपर लीक करने वाले एक अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है उधर रोहतक में बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने परीक्षा केन्द्रों पर छापेमारी की उन्होंने रटौली गांव गांव के परीक्षा केन्द्र में डयूटी दे रहे दो शिक्षकों से मोबाइल फोन बरामद किये और शिक्षकों के खिलाफ प्लिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई